मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है और इस दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता के साथ काम हो रहा है श्री योगी आज गोरखपुर में गोरखपुर शहर गोरखपुर ग्रामीण पिपराइच और चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित पांच सौ अस्सी करोड़ रूपये लागत से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लाकार्पण करने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले चार वर्षों से हो रहे वैकासिक परिवर्तन से लोगों की धारणा बदली है उन्होंने कहा कि उद्यमी व्यापारी और फिल्म उद्योग से जुड़े लोग सुरक्षा के विश्वास के साथ प्रदेश में निवेश की इच्छा जाहिर कर रहे हैं श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार सभी वर्गों के कल्याण और हितों की रक्षा के प्रति गंभीर है और इस दिशा में निरंतर काम कर रही है उन्होंने कहा कि नवयुवकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है और जल्द ही आईएएस और आईपीएस परीक्षाओं की तैयारी के लिए इसे उपलब्ध कराया जायेगा ताकि युवकों को अपने शहर से बाहर न जाना पड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में जल्द ही फोर लेन के बीच पिलर बनाकर मेट्रो ट्रैक बनाया जायेगा समारोह में स्थानीय सांसद रवि किशन शुक्ल महापौर सीताराम जायसवाल सहित ज़िले के कई विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद थे भारत के औषध महानियंत्रक ने आपात स्थिति में कोविड के दो टीकों भारतीय सीरम संस्थान के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है भारत के औषध महानियंत्रक वी जी सोमानी ने आज इन दोनों टीकों को अनुमति दने की घोषणा की औषध महानियंत्रक ने बताया कि दोनों टीकों के आपात उपयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने स्वीकृति प्रदान की

इसके अतिरिक्त संस्थान को देश में एक हजार छह सौ लोगों पर चरण दो और तीन के नैदानिक परीक्षण करने की भी अनुमति दी गई श्री सोमानी ने बताया कि संस्थान द्वारा प्रस्तुत किये गये परीक्षण के आंकड़ों की तुलना विदेशों में हुए नैदानिक अध्ययनों से की जा सकती है विस्तृत विचार विमर्श के बाद इस विषय से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने कुछ नियामक शर्तों के अधीन आपात स्थिति में इनक सीमित उपयोग की अनुमति दी श्री सोमानी ने बताया कि संस्थान द्वारा देश में चलाया जा रहा नैदानिक परीक्षण जारी रहेगा औषध महानियंत्रक ने बताया कि भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु संस्थाान पुणे के सहयोग से का वैक्सीन तैयार की है उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन वैरो सेल प्लेटफार्म पर विकसित की गयी है जिसका देश और विश्व भर में सुरक्षा और प्रभावकारिता का सुस्थापित रिकॉर्ड है

ट्वीट संदेश में उन्होंने देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना के विरूद्व संघर्ष में यह एक निर्णायक मोड़ है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बनी दो वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के योगदान का पता चलता है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

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी आज लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को दी उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक कुल दो करोड़ तैंतालीस लाख अड़तालोस हजार सात सौ सतहत्तर नमूनों की जांच की जा चुकी है

अब तक ई संजीवनी के माध्यम से चिकित्सीय सलाह लेने वाले लोगों की संख्या तीन लाख पैंतालीस हजार से अधिक हो चुकी है उन्होंने कहा कि पांच जनवरी को प्रदेश में चलाये जाने वाले टीकाकरण का पूर्वाभ्यास हर ज़िले में छह जगहों पर चलाया जायेगा इनमें तीन स्थान शहरी और तीन स्थान ग्रामीण इलाकों में चयनित किए गये हैं गाज़ियाबाद ज़िले के मुरादनगर में आज एक शवदाह गृह की छत गिरने के हादसे में सत्रह लोगों की मौत हो गई मेरठ की मंडलायुक्त अनीता मेश्राम ने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब कुछ लोग एक शव का दाह संस्कार के लिए इकट्ठे थे इस दुर्घटना में कई लोग घायल हो गये जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलायुक्त और मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक को दुर्घटना की विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपने का निर्देश दिया है इसके अलावा दुर्घटना में मृत्यु का शिकार हुए लोगों के आश्रितों को दो दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जोने की घोषणा भी की बाइट इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पर जाकर पूरे घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही एक आदेश कर दिया है जिलाधिकरी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर हैं और राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने इन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करवा दें जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारकों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सकेगी घटना अत्यन्त दुखद है मेरी जो शोक संतप्त परिजन हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है जो घायल हैं उनके शीघ स्वस्थ होने की भी कामना मैं करता हूँ और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है रामपुर ज़िले में केसर की खेती करने वाली गिरजावती जनपद की पहली महिला कृषक बन गई हैं केसर की खेती के लिए उद्यान विभाग ने उन्हें आर्थिक सहायता तथा ज़रूरी निर्देशन प्रदान किया है एक रिपोर्ट विकास खण्ड चमरौआ की महिला कृषक गिरजावती जनपद में ऐसी पहली महिला कृषक हैं जिन्होंने केसर की फसल आधा एकड़ जमीन पर तैयार की है

उद्यान विभाग के निर्देशन पर उन्होंने आधा एकड़ जमीन पर उत्पादन के लिए जम्मू से अमेरिकन केसर के बीज क्रय कर बोया

बीज खाद व रोपाई पर अब तक लगभग एक लाख रूपये खर्च कर चुकी हैं फसल में फंगस लगने पर बचाव के लिए नीम के पत्ते और धतूरे के पत्तों को पानी में उबालकर फसल पर छिड़काव किया जाता है फसल के लिए तापमान आठ से दस डिग्री सेल्सियस होना चाहिए